केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध बनाने के बारे में एक अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने कहा कि लोक सभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया साउंड बाईट तीन तलाक का मुद्दा न पूजा का है न प्रार्थना का है न धर्म का है न इबादत का है ये मुद्दा है नारी न्याय नारी गरिमा नारी सम्मान यें अध्यादेश देश हित में लाया गया है ये अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है मैं अपील करूगां कि वोट बैंक की चार दीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए समर्थन हो इस अध्यादेश के प्रारूप में वही प्रावधान हैं जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक में किये गये हैं राज्य सभा में विपक्ष ने मांग की थी कि विधेयक को जांच के लिए प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तीन तलाक पर अध्यादेश जारी करने संबंधी कैबिनेट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है श्री शाह ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए यह आत्म मंथन करने का समय है जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को नजरअंदाज किया प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय तीन हजार से बढ़ाकर साढ़े चार हजार रूपये करने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी देश के लगभग सताईस लाख सेविकाओं को इसका फायदा होगा छोटे आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को अब प्रतिमाह बाईस सौ पचास रूपये के स्थान पर साढ़े तीन हजार रूपये मानदेय प्राप्त होगा वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय पंद्रह सौ से बढ़ाकर बाईस सौ पचास रूपये कर दिया गया है इन सहायिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के समुचित संचालन के लिये प्रतिमाह ढाई सौ रूपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी नया मानदेय अगले महीने की एक तारीख से प्रभावी होगा केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मिलने वाले एक हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दो हजार रूपये कर दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बढ़ी हुई यह प्रोत्साहन राशि एक अक्टूबर से प्रभावी होगी इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की भी मंजूरी दी गयी है आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मुफ्त बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा इस पहल से दुर्घटना में मृत्यु होने पर निकट आश्रितों को दो लाख रूपये का मुआवजा प्राप्त होगा वहीं स्थायी अपंगता और अंधापन की स्थिति में भी प्रभावितों को दो लाख रूपये मुआवजा प्राप्त होगा जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की गयी इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव भी मौजूद थे श्री कुमार ने बाद में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से भी मुलाकात की पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर नरकटियागंज के पास एसएसबी ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की चरस बरामद की है एसएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब्त किये गये चरस का वजन छह किलोग्राम है मूजफ्फरपूर के ब्रह्मपूरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक के पास मोटरसाईकिल सवार लूटेरों ने एक व्यक्ति से चार लाख रूपये लूट लिये पुलिस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश कर रही है वहीं बक्सर जिले के मॉडल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना अस्पताल रोड पर लुटेरों ने एक राहगीर से एक लाख तीस हजार रूपये लूट लिये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राज्य फसल सहायता योजना के तहत रैयती और गैर रैयती किसानों को फसल नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा श्री मोदी ने बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बीस प्रतिशत तक फसल नुकसान होने पर किसानों को साढ़े सात हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा प्रदान किया जायेगा वहीं बीस प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट होने पर दस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्षतिपूर्ति दी जायेगी इस योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को निबंधन कराना पड़ेगा वैशाली जिले मे स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता बढ़ चढ़कर देखी जा रही है स्वच्छता प्रेरकों के अनुरोध पर लोग शौचालयों का तेजी से निर्माण कर रहे हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता रिपोर्ट जिन लोगों ने अपने घरों में शौचालयों का निर्माण किया है वे दूसरे गाँवो में स्वच्छाग्रहियों के साथ टोली बनाकर लोगो को जागरुक कर रहे हैं एक ग्रामीण ने बताया कि शौचालयो के निर्माण से महिलाओं का आत्मसम्मान बढा है

अब हमारे घर के लोग खुले में शौच करने नहीं जाते हैं शौचालय के निर्माण के खुले में शौच करने की आदत से छटकारा मिला है पहले गॉव के लोग खुले में शौच करने से गंदगी के कारण ज्यादा बीमार रहते थे लेकिन अब शौचालय बन जाने से लोगों में शौचालय में शौच करना शुरू कर दिया है जिले का एक ग्रामीण का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

मैंने भी अपने घर में शौचालय बनवाया है

प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान में महिलाओं को इज्जत और सम्मान दिया है वैशाली जिले को इस वर्ष के अंत तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है सहदेई बुजुर्ग देसरी वैशाली राजापाकर बिदुपुर और महनार प्रखंड को ऑ डी एफ प्रखंड घोषित किया गया है आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह औरंगाबाद जिले के नबीनगर शहर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने सफाई अभियान चलाया इस दौरान शहर के सभी मुख्य मार्गों की सफाई की गयी और कचरे को निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया गया उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं पूर्णिया के बाल सुधार गृह में अब से थोड़ी देर पहले कैदियों के बीच हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर बाल कैदियों के गुटों के बीच गोलीबारी हुई इस घटना में घायल बाल गृह के संचालक विजेन्द्र कुमार और बाल कैदी सरोज कुमार की अस्पताल में मौत हो गयी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है विजय हजारे ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में बिहार ने नागालैंड को आठ विकेट से पराजित कर दिया आज गुजरात के आणंद में खेले गये मैच में नागालैंड की टीम ने बिहार के समक्ष जीत के लिये दो सौ चौवन रन का लक्ष्य रखा बिहार की टीम ने दो विकेट खोकर तैंतालीस ओवर चार गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया बिहार की ओर से बाबुल कुमार ने सबसे अधिक एक सौ इक्कीस रन बनाये शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण आसपास के क्षेत्रों में तेज कटाव हो रहा है कटाव के कारण बेलवा नरकटिया गांव के पास शिवहर और मोतिहारी के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में पटना में प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के सजडनीडीह मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में चकाई प्रखंड कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मी की मौत हो गयी सीतामढ़ी जिले के सुप्पी पुलिस आउटपोस्ट के अखटा गांव में मुखिया पति और उसके समर्थकों ने सरपंच के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी राज्य के अलग अलग जिलों से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से छह सौ पचास कार्टन विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया